जिले के कई स्थानों पर बाढ़ के हालात बन गए है

बेसरोली गांव जलमग्न हो गया है यहां रेलवे ट्रैक पूरी तरह डूब गया है प्रदेश के अनेक नदी नाले उफान पर है जबकि चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है बारिश के कारण कई बांध लबालब हो गए है जयपुर सहित चार जिलों को पानी की आपूर्ति करने वाला बीसलप्र बांध भी लगभग भर गया है

बारां जिले के हनोतिया गांव में पार्वती नदी में उफान के कारण फंसे लोगों को कल एनडीआरएफ की टीम ने बचाया इसके साथ ही जिला प्रशासन ने वहां प्रभावितों को राहत देने के लिए कदम उठाए है कई जगह पर जल भराव के कारण लोग परेशान है और स्थानीय प्रशासन राहत तथा बचाव कार्य में जुटा हुआ है धौलपुर जिले में चम्बल नदी उफान पर है चम्बल के किनारे बसे सभी गांवों में अलर्ट जारी किया गया है

सवाई माधोपुर जिले में भी चम्बल किनारे बसे गांवों में प्रशासन पूरी चौकसी बरत रहा है जिला कलेक्टर ने कल इन गांवों का दौरा किया और अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये

बूंदी जिले में हो रही बरसात से क्षेत्र के निचले इलाकों में पानी भर गया जिला प्रशासन ने प्रभावित लोगों की मदद के लिए प्रयास शुरू कर दिए है

सीकर जिले में कल हुई बारिश से रैगर बस्ती में पानी भरने के बाद वहां फंसे परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है झुंझनू जिले में कल कई स्थानों पर बारिश के दौरान बिजली गिरने से तीन लोग झुलस गए जबकि एक को करंट लगने से अस्पताल में भर्ती कराया गया इधर मौसम विभाग के निदेषक षिव गणेष ने बताया मानसून का दबाव उत्तर की ओर बढ रहा है इसलिए अब आने वाले सप्ताह में भारी बारिष की संभावना नहीं है

नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल ने कहा भारत पारम्परिक रूप से शिक्षा और शिक्षकों के निर्माण में नेतृत्व के लिए जाना जाता है हजारों साल से भारतीय शिक्षक विश्व गुरू के रूप में जाने जाते है

सुरक्षा परिषद के अधिकतर स्थायी सदस्यों ने अनौपचारिक बैठक में भारत का समर्थन किया

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग कश्मीर की चिन्ताजनक तस्वीर पेश कर रहे हैं जो वास्तविक स्थिति से बहुत अलग है उन्होंने कहा कि कोई भी बातचीत शुरू करने से पहले आतंक का अंत होना जरूरी है

लद्दाख को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलने के बाद केन्द्र सरकार का यह पहला बड़ा कार्यक्रम है

प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर ने संगठन की ओर से नीलम शर्मा के निधन पर शोक जताया और परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की प्रसार भारती के अध्यक्ष सूर्य प्रकाश ने ट्वीट किया हमने अपनी तेजस्विनी को खो दिया